उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से हो रही है शुरू प्रानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का रहा मिलाज्ला असर

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ पुनः सत्ता में लौटेगी

उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और मोदी सरकार फिर से लाने का आह्वान किया है प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोका जा सकता उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दो हज़ार सत्रह के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का हश्र देख च्की है राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हए श्री शाह ने कहा कि इस बारे में भाजपा का नज़रिया बिल्क़ल साफ है और वह चाहती है कि अयोध्या में उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हो इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग के लोगों के उन्नयन के लिये काम कर रही है और इस दिशा में विभिन्न योजनाए संचालित कर रखी है श्री योगी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अत्पसंख्यक संस्थान नहीं है और ऐसे में दलितों और पिछड़ों को भी यहां आरक्षण दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को केन्द्र से करोड़ों रूपये की मदद मिलती है राज्य विधानसभा में कल किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्षी दलों में तीखी नोक झोंक हुई सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया प्रश्नकाल में कांग्रेस के अजय क्मार लल्लू सपा के राकेश प्रताप सिंह और संजय गर्ग ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हए सरकार पर इस दिशा में कोई प्रभावी कदम न उठाने का आरोप लगाया जवाब में गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले बाईस महीने के दौरान बावन हज़ार करोड़ रूपये का रिकार्ड गन्ना भुगतान किसानों को किया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं नक़लविहीन और सुचारू रूप से परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिये राज्य सरकार ने पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं

परीक्षाओं के लिये पूरे प्रदेश में आठ हज़ार तीन सौ चौकन विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है इनमें एक हज़ार तीन सौ चौदह परीक्षा केन्द्रों को संवेदनशील और चार सौ अड़तालीस केन्द्रों को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है

समी परीक्षा केन्द्रों पर सीसी टीवी और वॅयस रिकार्डर लगाये गये हैं हाईस्कूल की परीक्षाएं अट्ठाईस फरवरी और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दो मार्च तक जारी रहेंगी राज्य सरकार ने उन्नीस सौ चौरासी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कानपुर में हुए दंगों की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है हमारे संवाददाता ने आधिकारिक विज्ञप्ति के हवाले से बताया है कि प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक जांच दल के अध्यक्ष होंगे चार सदस्यीय विशेष जांच दल के प्रमुख प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक अतुल होंगे दल के दूसरे सदस्यों में भूतपूर्व जिला न्यायाधीश सुभाष चंद्र अग्रवाल और भूतपूर्व अपर निदेशक अभियोजन योगेश्वर कृष्ण श्रीवास्तव शामिल हैं पुलिस अधीक्षक या फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी भी इस दल का हिस्सा होगा विशेष जांच दल को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कानपुर में उन्नीस सौ चौरासी के दंगों में एक सौ पच्चीस लोग मारे गये थे पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का मिला जुला असर रहा कई राज्य कर्मचारी संगठनों द्वारा कल से हड़ताल शुरू की गई प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ऐस्मा लागू करने के बावजूद राज्य कर्मचारी ज़िला मुख्यालयों पर अपनी मांग के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कन्नौज हापुड संभल गोण्डा अयोध्या कौशाम्बी सहित अन्य जिलों में हड़ताल का आंशिक असर है मुजफ़रनगर के सत्र न्यायालय ने ज़िले के चर्चित कवाल हत्याकांड में सात लोगों को दोषी क़रार दिया है अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश हिमांगु भटनागर ने इस हत्याकांड के मामले में दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों के आवार पर सात अभियुक्तों को दोषी करार दिया है न्यायालय कल यानी आठ फरवरी को इस मामले में सजा सुनायेगा गौरतलब है कि सत्ताईस अगस्त दो हज़ार तेरह को कवाल गांव में एक मामूली विवाद के बाद दो युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद दंगा भड़क गया था जिसमें पैंसठ लोगों की मौत हो गई थी इन सात अभियुक्तों में दो लोग जुमानत पर थे जबकि चार नामज़द लोग हत्याकांड के बाद से ही जेल में निरूद्व थे जमानत पर चल रहे दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो लखनऊ द्वारा मिर्जापुर के कैलहट स्थित राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में महात्मा गांधी की एक सौ पचासवें जयन्ती वर्ष पर आधारित पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का श्भारम्भ कल किया गया इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि कृष्णकांत ने कहा कि गांधी जी का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है लोर्गो को उससे प्रेरणा लेकर समाज का निर्माण करना चाहिए इस अवसर पर ब्यूरो के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे इलाहाबद उच्च न्यायालय ने राज्य के गन्ना आयुक्त को दो महीने के अन्दर गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है न्यायालय ने कहा है कि यदि गन्ना किसानों का ढाई हज़ार करोड़ रूपये का बक़ाया दो महीने की निर्धारित अवधि में नहीं चुकाया जाता है तो वह गन्ना आयुक्त के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवई करेगी याचिका में कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने दो हज़ार सत्रह में किसानों का बक़ाये का ब्याज चुकाने का आदेश पारित किया था लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पर अमल नहीं किया कुंम में तीसरे शाही स्नान के लिये मेला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं यह शाही स्नान वसंत पचंमी के दिन दस फरवरी को होगा मेला प्रशासन और अखाड़ा परिषद की कल हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि शाही स्नान के दौरान विभिन्न अखाड़े भारी वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे और निर्धारित समय के भीतर वह अपना स्नान पूरा करेंगे मेला क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक बंदोबस्त किये गये हैं वहीं आग से बचाव के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गये हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से आग से दुर्घटना की सम्भावना के मद्देनजर तीन हजार दो सौ हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में तैतालिस फायर स्टेशन और पन्द्रह फायर आउट पोस्ट चौकियां स्थापित की गयी हैं अनिसमन दुपहिया वाहनों और जीपों सहित विभिन्न आकार और प्रकार के एक सौ सत्तावन फायर टेंडर सेवा में लगाए गये हैं दो फोम टेंडर एक एडवांस रेस्क्यू टेंडर एक फायर फायटिंग बोट को विशेष रूप से फायर ब्रिगेड में शामिल किया गया है अलग अलग स्थानों पर चार हजार अग्नि हाइटेंड भी रखे गये हैं ताकि लोग समय पर उनका इस्तेमाल कर सकें

एमएसयादव आकाशवाणी समाचार कृम्म मेला क्षेत्र प्रयागराज प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर कल सुबह हुई बारिश से ठंड में बढ़ोत्तरी हो गई है वूंदाबांदी और तेज़ हवाओं से मौसम में काफी बदलाव आया है महराजगंज में ठंड और घने कोहरे का क्रम पिछले दो दिनों से जारी है जबकि कौशाम्बी में तेज हवाओं के कारण ठंडक बढ़ गई है और सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है अयोध्या और गोण्डा में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव आया है जबकि कूशीनगर में घना कोहरा होने की वजह से आम लोगों पर असर पड़ा है उधर सीतापुर में कल सुबह तेज़ बारिश के बाद तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है मैनपुरी और बरेली में हल्की से तेज़ बारिश से ठंडक में बढ़ोत्तरी के साथ साथ आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा अयोध्या और गोण्डा में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव आ गया है